देश आज दुर्लभ खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण का साक्षी बन रहा है अंगूठी के आकार का सूर्य ग्रहण ऐसा नजर आता है जैसे अंगूठी में आग दहक रही हो यह देश के विभिन्न भागों में देखा जा रहा है सूर्य ग्रहण ऐसे समय हो रहा है जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जब धरती और सूरज के बीच में चांद आता है तो उसकी परछाई धरती की सतह पर पड़ती है कुछ समय के लिए चांद सूरज को पूरी तरह ढक लेता है संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जिन स्थानों पर चांद की घनी परछाई नजर आती है वहां प्ररी तरह अंधेरा छा जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों से आग्रह किया है कि धूप के चश्में एक्सपोज्ड एक्स रे शीट या शीशे पर लैंप ब्लैक रखकर सूर्य ग्रहण न देखें क्योंकि ऐसा करना सुरक्षित नहीं है पानी की सतह पर सूर्य की छवि देखना भी सुरक्षित नहीं है

लोग कार्ड शीट में छेद करके और उसे सूर्य के नीचे रखकर कुछ दूर से सफेद कागज की स्क्रीन पर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं सूर्य की छवि इस कागज पर नजर आती है कागज की शीट और स्क्रीन के बीच अंतर को समायोजित करते हुए सूर्य की छवि को बड़े आकार में देखा जा सकता है झाड़ी या पेड़ पर बनी सूर्य की परछाई को भी देखा जा सकता है पत्तियों के बीच मौजूद जगह से सूर्य ग्रहण की अनेक छवि जमीन पर नजर आती हैं मेकअप किट के शीशे को काले कागज से ढककर और उसके बीच में छेद बनाकर भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है

इधर झारखंड में आकाश में बादल छाये रहने के कारण यह खगोलीय घटना लोग नहीं देख पा रहे हैं दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बासुकिनाथ मंदिर में सूर्य ग्रहण को लेकर सुबह आठ बजे के पहले ही पट बंद कर दिया गया प्रातःकालीन प्रजा के कुछ देर बाद तक श्रद्दालुओं को बाबा के दर्शन का अवसर मिला मंदिर के पूजारी धनंजय पांडा ने बताया कि उसके बाद ग्रहणकाल तक के लिए प्रांगण के सभी मंदिरों के गर्भगृह और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया

सभी क्रशर बेलबद्री और पहाड़पुर मौजा में चल रहे थे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

योग दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ हुई टेलीविजन पर दिये संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग लोगों को एकजुट करता है और वैश्विक भाइचारे का संदेश देता है उन्होंने कहा कि योग एकता की शक्ति के रूप में उभरा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सही तरीके से खानपान सही ढंग से खेलकूद सोने जगने के सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है राज्यपाल श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि कोरोना महामारी में स्वस्थ और निरोग रहने के लिए पूरे परिवार के साथ सभी लोग प्रतिदिन योग करें इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न शहरों कस्बों के अलावा सुदूरवर्ती जंगलों में भी योग की चर्चा की गई सारंडा के बीहड़ों में भी नक्सल विरोधी अभियान में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने जंगलों के बीच ही योगाभ्यास किया हजारीबाग जिले में स्थानीय छड़वा डैम में लोगों ने जल योग किया इस अवसर पर लोगों ने तैराकी भी की इससे पूर्व कई तरह का योग भी युवाओं ने किया रामगढ़ के सुदूरवर्ती पंचायत में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग किया मौके पर मुखिया ने कहा नियमित योग करने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे हम बीमारियों से लड़ कर अपने को मजबूत बना सकते हैं बोकारो जिले के लोगों में योग को लेकर खासा उत्साह देखा गया ज्यादातर लोगों ने अपने घर पर ही सपरिवार योग किया कोडरमा जिले में भी योग दिवस ऑनलाइन मनाया गया

इधर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में योग का कार्यक्रम हुआ

गिरिडीह में भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया सोशल डिस्टेनसिंग और मास्क लगाकर लोगों ने निरोग रहने केलिए योग किया बोकारो जिले में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सभी वर्ग के लोगों ने अपने अपने घरों में योग किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की इस अभियान की शुरुआत बिहार के खगडिया जिले की तेलीहर पंचायत से की गई प्रधानमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस योजना का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरूआत की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों के कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट आए हैं ऐसे में सरकार इन क्शल मजदूरों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरो को उनके घर के पास ही रोजगार मिले उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और किसानों के लिए निःशल्क अनाज और नकद भुगतान की घोषणा की है इस पैकेज के सुचारू कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है

राज्य में पिछले चौबीस घंटों में उनसठ नए कोरोना संकमित मिले हैं इसके साथ ही झारखंड में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो हजार सत्ताईस हो गयी है

पिछले चौबीस घंटों में इक्यासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि कुल एक हजार चार सौ सोलह मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं वहीं ग्यारह मरीजों की मौत हो चुकी है इस समय कल सक्रिय मरीजों की संख्या छह सौ है राज्य के बोकारो पाकुड़ देवघर गोड़डा खूंटी साहिबगंज और दुमका जिले में फिलहाल एक भी कोरोना संक्रमित का सकिय मामला नहीं है वहीं राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर उन्हत्तर दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो चुकी है हजारीबाग जिले में लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद वीर जवानों को कल शाम श्रद्वांजलि दी गई

इस दौरान भारत माता की जय वंदे मातरम वीर जवान अमर रहे जैसे नारे भी लगाए गए इधर धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पर शहीदों के सम्मान में एक श्रद्वांजलि सभा का आयोजित किया गया